यह विधेयक संसद के चालू सत्र में पेश किया जाएगा

बैठक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रतिनिधित्व को आरक्षण देने वाली व्यवस्था को और दस वर्ष के लिए बढ़ाए जाने को मंजूरी दे दी गई है

जयवर्धन नगरीय विकास मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा है कि हर निकाय में कम से कम एक पार्क या अर्बन फारेस्ट ट्रेचिंग ग्राउण्ड और एक हॉल जरूर बनाया जाए भोपाल मे आयोजित मुख्य नगरपालिका अधिकारियों के आधारभूत एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के समापन कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि शहर को धूल मुक्त करने के लिये मुख्य मार्ग के साइड में फृटपाथ बनवाये जाएं

श्री सिंह ने कहा कि जल का अधिकार अधिनियम में प्रत्येक नगर में प्रतिदिन पानी देने का प्रोजेक्ट बनायें

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना दिवस के मौके पर सभी नौसेना कर्मियों को शुभकामनाएं दी है

इस दिवस का लक्ष्य देश की समुद्री सीमाओँ की सुरक्षा में नौसेना की उपलब्धियों को उजागर करना है कार्यशाला सूचना और प्रसारण मंत्रालय के रीजनल आउटरीच ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा आज मिशन इन्द्रेधनुष को लेकर निजी पंजीकृत दलों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की जा रही है

साथ ही विभिन्न गतिविधियों नुक्कड़ नाटक नृत्य और गीत के माध्यम से लोगों को जागरुक किया जायेगा चिदम्बरम जमानत उच्चतम न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया धनशोधन से जुड़े मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिंदबरम को आज जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया न्यायमूर्ति आर भानुमति न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने दो लाख रुपये की जमानत राशि और इतनी ही राशि के दो मुचलकों पर जमानत मंजूर करने का निर्णय लिया न्यायमूर्ति बोपन्ना ने पीठ की ओर से कहा कि कांग्रेस नेता अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे और न ही मीडिया से कोई बात करेंगे या किसी भी तरह का बयान जारी करेंगे

भार्गव यूरिया विधानसभा में विपक्ष के नेता गोपाल भार्गव ने आज आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में किसान यूरिया को लेकर परेशान हैं श्री भार्गव ने एक ट्वीट कर कहा कि राज्य सरकार यूरिया प्रबंधन में पूरी तरह से विफल रही है यूरिया को लेकर प्रदेश के किसानों को काफी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राज्य सरकार यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता का दावा कर रही है लेकिन यूरिया को लेकर किसानों की लम्बी कतारें देखने का मिल रही है टेली लॉ योजना केंद्र सरकार ने गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता देने की टेली लॉ योजना शुरू की है इस योजना के तहत विदिशा जिले में भी कॉमन सर्विस सेंटर से वीडियो काँफ्रेंसिंग के जरिये जरूरतमंदो को दिल्ली में बैठे वकीलों से मुफ्त कानूनी सहायता मिलेगी